नई दरें आज आधी रात से प्रभावी होंगी

और प्रदेश में अचानक मौसम में बदलाव

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपये की कटौती करने की घोषणा की है नई दरें आज आधी रात से प्रभावी हो जायेंगी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में डेढ़ रुपये की कमी की गयी है जबकि तेल कंपनियों को एक रुपये कम करने का निर्देश दिया गया है श्री जेटली ने कहा कि इसी तर्ज पर राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट में कम से कम ढाई रुपये की कटौती करें जिससे इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल सके वित्त मंत्री की इस अपील के बाद भाजपा शासित राज्यों ने तत्काल वैट में ढाई रूपये की कटौती की घोषणा कर दी है भाजपा की वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चिंता है आज गोपालगंज और सीवान में भाजपा युवा संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को केवल देश के भविष्य और देशवासियों की चिंता है श्रीमती ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी अगले लोकसभा चूनाव में जीत और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर मोर्चे पर प्रगति कर रहा है केन्द्र सरकार अपने वायदों को एक एक कर पूरा कर रही है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और मुद्रा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से गरीब परिवारों को सर्वाधिक लाभ मिला है सीबीआई ने कहा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गुह यौन शोषण कांड की जांच के सिलसिले में बरामद नरकंकाल के नमूनों को फोरेंसिंक जांच के लिये भेजा गया है आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से ये जानकारी दी गयी सीबीआई ने कहा कि नरककाल की जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं इस मामले की अगली सुनवाई बाईस अक्टूबर को होगी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भी समन भेजा है गौरतलब है कि मूजफ्फरपूर बालिका गृह से गायब लड़कियों के अवशेषों की तलाश में सीबीआई ने कल सिकंदरपुर में श्मशान में खूदाई कराकर नरकंकाल निकलवाये थे इधर आज इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र समेत सभी ग्यारह आरोपियों की वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर स्थित विशेष पोक्सो अदालत में पेशी हुई इसी मामले में समाज कल्याण विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी सहित तीन अन्य आरोपियों की भी आज कोर्ट में पेशी हुई इन सभी की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया अब इस मामले की अगली सुनवाई बारह अक्टूबर को होगी बह्चर्चित धान खरीद घोटाले में छह सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि ऐसे किसानों को भूगतान कर दी गयी जिनके पास कोई जमीन नहीं है मामले की जांच कर रही एसआईटी को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जिन किसानों के पास पचास कट्ठा जमीन है उस किसान से अस्सी से नब्बे क्विंटल धान खरीदकर लाखों रूपये का भूगतान किया गया उत्तर बिहार के कई जिलों में भी ऐसे मामले सामने आये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार हर परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है श्री कुमार आज पटना में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चयनित लाभार्थियों को घर बनाने के वास्ते जमीन खरीदने के लिए साठ हजार रुपए देगी साथ ही जमीन का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं लिया जायेगा वहीं ग्रामीण आवास योजना के तहत जर्जर इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए एक लाख बीस हजार रुपए दिए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के तहत बनने वाले आवासों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जायेगा उन्होंने कहा कि चार साल के अंदर हरेक घर में नल का पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक राज्य में एक लाख ग्यारह हजार मकान बनाये जा चुके हैं वहीं आठ लाख तैंतालीस हजार लाभूकों को योजना के प्रथम किश्त की राशि दी जा चुकी है उन्होंने कहा कि प्रदेश के चौहत्तर प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण हो चूका है गया जिले के मानपूर के मूल निवासी और जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दूसरे यूवा भारतीय क्रिकेटर बन गये हैं राजकोट में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले मैच में इन्होंने निन्यानवे गेंद पर शतक पूरा किया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बाद यह कीर्तिमान बनाने वाले पृथ्वी शॉ दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं प्रदेश के कई शहरों में आज गरज के साथ झमाझम बारिश हुई है पश्चिम चंपारण समस्तीपुर और भागलपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि बेतिया में आंधी के कारण कई स्थानों पर कच्चे घरों के छप्पर उड़ गये और पेड़ उखड़कर सडक पर गिर गये मुजफ्फरपुर में तेज बारिश के कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है

मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनूसार लोकल सिस्टम विकसित होने और लौटते हुए मानसून के कारण मौसम की स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है अगले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में उतार चढाव का सिलसिला जारी रहेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज कहा कि दो हजार अठारह उन्नीस के रबी मौसम में राज्य में इकहत्तर लाख मीट्रिक टन गेहूं और चालीस लाख मीट्रिक टन मक्के के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है पटना में रबी अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार किसानों के लिये विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाएं चला रही हैं श्री कुमार ने कहा कि प्रमंडल जिला और प्रखंड स्तर पर रबी महा अभियान महोत्सव का आयोजन कर किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीकों की जानकारी दी जायेगी नालंदा जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे बड़े उद्यमियों के लिये वरदान साबित हो रही है स्वरोजगार और व्यवसाय बढाने में इस योजना से अलग अलग श्रेणी के व्यवसायियों को लाभ मिल रहा है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट

लगभग ढाई हजार लोगों को उनकी जरुरत के अनुसार शिशु किशोर और तरुण श्रेणी के ऋण प्रदान किये गये हैं आकाशवाणी समाचार के लिए बिहारशरीफ से निरंजन कुमार के साथ समाचार कक्ष से रजनीकांत चौधरी कटिहार जिले में सालमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर इलाके में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जिला पार्षद के पुत्र राजू राय की हत्या कर दी शुरूआती जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के तीन पंचायत और लौरिया प्रखंड के दो पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है वहीं समस्तीपूर जिले के वारिसनगर प्रखंड के हानसा पंचायत को भी आज खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया बेगूसराय जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र से पूलिस ने दो कुख्यात अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है समस्तीपुर जिले के हलई आउट पोस्ट थाना क्षेत्र के डीहा पुल के पास गैंगवार में कुख्यात अपराधी पिंटू महतो की मौत हो गयी एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि मृतक पर चार जिलों में डकैती और लूट के कई मामले दर्ज थे वैशाली जिले के कटहरा आउट पोस्ट के रसूलपुर फतह गांव से पुलिस ने नब्बे कार्टन शराब बरामद की है वहीं बेगूसराय जिले के नवाकोठी थाना क्षेत्र से पुलिस ने बीस कार्टन शराब जब्त की है

नई दरें आज आधी रात से प्रभावी होंगी

और प्रदेश में अचानक मौसम में बदलाव